सं क्र मितों की कुल संख्या तिरासी हजार छह सौ इक्यावन हई राज्य सरकार ने सात लाख एकसठ हजार किसानों का ऋण माफ करने का लिया निर्णय कें द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा तीस नवंबर तक बढ़ाई

महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में अस्पृश्यता के बारे में चर्चा की थी

आज से लागू हो रहे इन दिशा निर्देशों में कुछ और गतिविधियाँ शुरू करने की छूट दी गई है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रशिक्र या एसओपी जारी करेगा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है इसके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा

कंटेनमेंट जोन के बाहर के मनोरंजन पार्क को भी खोलने की इजाजत दे दी गयी है

झारखंड में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के एक हजार एक सौ आठ मरीजों की पृष्टि हई इसके साथ ही राज्य में सं क्र मित मरीजों की संख्या तिरासी हजार छह सौ इक्यावन हो गयी है वहीं अब तक एकहत्तर हजार तीन सौ बयालिस संक्रमित लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं कल एक हजार तीन सौ अठारह मरीज स्वस्थ हए

वहीं कल छह जिलों में कोरोना से तेरह लोगों की मौत भी हुई है राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या सात सौ तेरह हो गई है

इसके तहत पारिश्रमिक के रूप में सताइस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए रोजगार योजना शुरू की थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड बिहार मध्य प्रदेश ओड़िशा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपने गांव लौटने वाले प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये गए हैं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

इस संबंध में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है श्री पत्रलेख बुधवार को नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों के ऋण माफी की प्रशिक्र या तेजी से पूरी की जा रही है

इन किसानों का अब ऋण माफ किया जायेगा उन्होंने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है निरीक्षण के बाद अबतक एक सो से अधिक दुकानों का लाइसेंस निलंबित किये गये है

आय से अधिक संपित्ता के मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का बुधवार को पैरोल पर जेल से बाहर निकले उन्हें अपने पारिवारिक कार्य के लिए एक माह तक पैरोल पर रिहा किया गया है एनोस एक्का को सीबीआइ कोर्ट ने सात साल की कैद और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है इसके अलावा उन पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी आरोप तय किये हैं

गोड्डा गिरिडीह और हजारीबाग के साथ अन्य जिलों में भी अगले चार माह तक अभियान चलाकर इसका निर्माण कराने को कहा है

ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को महिलाओं को आजीविका से जोड़ने की दिशा में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है

महिला सखी मंडल को भी आजीविका से जोडा जाना है आशा अभियान के तहत पुरे राज्य में महिलाओं को हनरमंद भी किया जायेगा इसके अलावा बकरी मुर्गी सुकर पालन मत्स्य पालन मध्य उत्पादनवनोपज आदि के काम से भी जोडा जायेगा विभाग सभी प्रवासी मजदूरों के अलावा राज्य के अंदर रह रहे मजद्रों को भी रोजगार मुहैया कराने का भी निर्णय लिया है साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी

गोड्डा जिले में सर्पदंश की दो अलग अलग घटना में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गयी मृतक महिला नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर गोढ़ी की है

बॉलीवुड अभिनेता अली खान ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से झारखंड में प्र स्तावित फिल्म सिटी बनाने और कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की

दैनिक जागरण ने हथरस घटना की एसआईटी जांच शरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य के सात लाख एकसठ हजार किसानों के कर्ज माफ करने की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से जगह दी है अखबार ने सिविल सेवा की परीक्षा चार अक्टूबर से होने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है राजधानी रांची से प्रकाशित रांची एक्सप्रेस ने नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं र्को नियुक्ति पत्र देने संबंधी खबर को पहले पेज पर जगह दी है इसके अलावा अखबार ने बाबरी मस्जिद विध्वंश पर आये फैसले को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हिंदुस्तान टाईम्स ने भी बाबरी विध्वंश मामले में आये फैसले को प्रमुखता से जगह दी है